मामलों की सुनवाई पैंतालिस दिन में पूरी करने को कहा संसद में ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता विघेयक पारित विधेयक में ऋण शोधन संबंधी मामलों को समय पर निपटाने का प्रावधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में चार लाख पटरी व्यवसायियों के पुनर्वास की करेगी व्यवस्था बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक को भी मंजूरी इसमें अपराध के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म घटना से संबंधित पांचों मामले उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाने का आदेश दिया है न्यायालय ने ये सभी मामले दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर पीड़िता को पच्चीस लाख रूपये और उसके वकील को बीस लाख रूपये देने का आदेश भी दिया न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दुर्घटना से संबंधित जांच सात दिन में पूरी करने का भी निर्देश दिया पीठ ने कहा कि सभी पांचों मामलों की सुनवाई पैंतालिस दिन में पूरी हो जानी चाहिए पीठ ने मामलों की सुनवाई रोजाना करने का भी आदेश दिया इस मामले की सुनवाई आज फिर की जाएगी इस मामले में आरोपी भाजपा विधायक क्लदीप सेंगर को कल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है

इस बीच अट्ठाईस जुलाई को रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना मामले में दो महिला पुलिसकर्मियों सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है

वहीं दो अन्य महिला कास्टेबल भी पीडिता के साथ मौजूद न रहने की वजह से निलंबित कर दी गई हैं इस बीच उन्नाव दुष्कर्म पीडिता और उसके वकील की हालत लगातार गंगीर बनी हुई है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बूलेटिन में कहा गया है कि दोनों फिलहाल वेंटीलेटर पर हैं और उनकी हालत स्थिर है विशेषज्ञों की देखरेख में दोनों का इलाज किया जा रहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ संसद ने ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता विवेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है लोकसभा ने विवेयक को कल मंजूरी दी जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक का उद्देश्य निगमों की पुर्नगठन योजना के लिए अनुमति देने की प्रकिया और शेयर धारकों के अधिकृत प्रतिनिधिओं के अधिकार और कर्तव्यों को अधिक स्पष्ट बनाना है क्षियक में ऋण शोधन संबंधी मामलों को समय पर निपटाने का भी प्रावधान है इसमें तीन सौ तीस दिन का समय निर्धारित किया गया है विपक्षी सदस्यों के प्रर्नों का जवाब देते हुए वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि संशोधन का मकसद है कि कंपनियां बंद नहीं हों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जारी होने वाले डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण का डिजाइन तैयार करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है यह प्रतियोगिता पहली अगस्त से पन्द्रह अगस्त दो हजार उन्नीस तक माईगव प्लेटफार्म पर खुली रहेगी यह समारोह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा गोवा सरकार की इंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा के सहयोग से आयोजित किया जाता है यह समारोह इस बार बीस से अट्ठाईस नवम्बर तक आयोजित किया जायेगा प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक सरकार की माईगव वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं राज्यसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक दो हजार उन्नीस कुछ संशोधनों के साथ पारित हो गया है यह विधेयक लोकसभा के अनुमोदन के लिए दोबारा उसके पास भेजा जाएगा यह विधेयक उन्नीस सौ छप्पन के भारतीय आयूर्विज्ञान परिषद अधिनियम को निरस्त करने के लिए लाया गया है इसका उद्देश्य बेहतर और किफायती चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है विघेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षक्षन ने कहा कि यह कानून देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लायेगा उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार एन एम सी के नियमन दायरे से बाहर के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की पचास प्रतिशत सीटों की फीस की सीमा तय करने का काम करेगी भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की तीन सार्वजानिक कंपनियों ने खनिज विदेश भारत लिमिटेड नाम की एक नई संयुक्त कंपनी बनायी है इस संबंध में राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिदुस्तान कॉपर लिमिटेड और खनिज खोज कंपनी लिमिटेड ने नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में हस्तक्षर किये इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि नई कंपनी देश में कम मात्रा में उपलब्य लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी

उन्होंने कहा कि इसको लेकर तैयारियां की जा रही है इन व्यवसायियों में गोरखपुर के नौ हजार पटरी व्यवसायी भी शामिल है जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है श्री योगी कल गोरखपूर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में पटरी व्यव्सायियों की एक बड़ी संख्या है और सरकार उनके पुनर्वास को लेकर बेहद गंभीर है सरकार की मंशा इन छोटे व्यवसायियों के लिए नियमित रोजी रोटी की व्यवस्था करना है उन्होंने बताया कि पटरी व्यवसायियों के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही पेंशन की घोषणा कर चुके हैं और इसके लिये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है सदस्यता अभियान के तहत पटरी के सब्जी व्यवसायियों को सदस्यता दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोग वैसे तो पहले से ही पार्टी से जुड़े रहे हैं लेकिन सदस्य बनने के बाद संगठन में इनकी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी श्री योगी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार बिना किसी मेदभाव के समाज के अन्तिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ दिलाने को लेकर सरकार का आधार धर्म या जाति नहीं बल्कि गरीबी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर के भौवापार में मुजेश्वरनाथ महादेव मंदिर के सौन्दर्यीकरण सहित एक सौ नौ करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारम्भ किया इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के नौसढ़ में दो करोड़ चौरासी लाख अट्ठावन हजार रूपये की लागत से निर्मित बस स्टेशन का लोकार्पण भी किया इस बस स्टेशन के बन जाने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि धर्म स्थल केवल हमारी आस्था के प्रतीक नहीं है बल्क एकात्मकता का आधार भी है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का विकास किया जा रहा है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन भी होता है लोकसभा में बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस के पारित होने के साथ ही इस विधेयक को संसद का अनुमोदन मिल गया है राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को मृत्यू दण्ड सहित सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने पर रोक लगाने के लिए विवेयक में ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है दोबारा यही अपराध करने पर सात साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा विधेयक में बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित भी किया गया है विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के हर बच्चे को न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि पॉक्सो के दायरे में यौन प्रताड़ना शामिल है महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पॉक्सो के तहत लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मंजूरी दी है उन्होंने बताया कि अट्ठारह राज्यों ने इन अदालतों के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है कांग्रेस तेलगूदेशम पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित विभिन्न दलों ने बहस में भाग लिया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो भी अपराध करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री मौर्य कल मथुरा में पत्रकारों के उन्नाव और रामपुर की घटनाओं पर प्रश्न का जवाब दे रहे थे उन्हॉने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा श्री मौर्य ने कहा कि रामपुर में कानून के दायरे में काम हो रहा है उन्नाव दुष्कर्म मामले में उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच चल रही है गौरतलब है कि रामपुर में सांसद आजम खां के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में कल विधायक और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ा

कीमतों में यह कटौती अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हुई है अब यह सिलेंडर पांच सौ चौहत्तर रुपए पचास पैसे का मिलेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कल एक बयान में कहा कि पिछले महीने भी गैर सब्सिदी सिलेंडर के मूल्यों में सौ रुपए पचास पैसे की कटौती की गई इसे मिलाकर पिछले दो महीनों में गैर सक्सिडी सिलेंडर का मूल्य एक सौ तिरसठ रुपए तक कम हो गया है